प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से भारत के पहले खिलौना मेले का उदघाटन करेंगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि समाधान संवाद और चर्चा से ही निकलेगा हरियाणा में जौं की फसल को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि सोशल मीडिया ओवर द टॉप प्लैटफार्म और डिजीटल मीडिया के लिए नये निदेशों से मीडिया के सभी क्षेत्रों में एकरूपता आयेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसान प्रसंस्करण इकाइयां सूक्षम लघ् और मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप्स आत्मनिर्भर भारत के वास्तविक परिचालक है वित्तीय सेवा क्षेत्र में बजट को लागू करने बारे एक वेबीनार को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनएनडीए सरकार के कार्यकाल में बैकिंग और गैर बैकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हये है

प्रधानमंत्री ने सबके लिए वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने के लिए बैकिंग और बीमा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की निरन्तर और मज़बूत भागीदारी के महत्व पर ज़ोर दिया वित्तीय क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये प्रमुख सुधारों का जिक्र करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवालियापन सम्बधी संहिता ने ऋणदाताओं में भरोसा पैदा किया है

इस वेबीनार में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से भारत के पहले खिलौना मेले का उदघाटन करेंगे

चार दिवसीय इस समारोह का उद्देश्य उद्दोग के समूचे विकास के लिए बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए खरीददारों विक्रेताओं विद्यार्थियो और शिक्षकों सिहत सभी सम्बधित पक्षों को एक वर्चुअल प्लैटफार्म पर एक साथ लाना है

इस पलैटफार्म के माध्यम से सरकार और उद्योग भारत को निर्माण का अगला वैश्विक केन्द्र बनाने और निवेश आकर्षित करने के लिए मिलकर विचार चर्चा करेंगे इस मेले में बहत से वेबीनार और पैनल चर्चा की जायेगी जिसमें भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हिस्सा लेंगे केन्द्रीय जल शक्ति और सामाजिक नयाय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि लोकतंत्र मे कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ कानून बनाने का साहस नहीं कर सकती बल्कि देश को खद्यान के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले किसानों के हित में लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे उनकी आमदनी दोगुनी हो सके श्री कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बार बार किसानों को बातचीत का न्यौता दे रहे है और जरूरत पड़ने पर कृषि कानूनों में संशोधन का आश्वासन भी दे च्यके है

हरियाणा के उपम्रख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि संवाद और चर्चा से ही समाधान निकलेगा किसान संगठनों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए केंद्र सरकार संवाद को लेकर तैयार है उप मुख्यमंत्री सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कहा कि खरीद सीजन को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आगामी सीजन में गेहूं सरसों धान व सूरजमुखी के साथ साथ चना व जौ की भी सरकारी खरीद होगी मंडियों में किसानों की फसल खरीद के लिए बेहतर व्यवस्था व्यवस्था की जाएगी देश के इतिहास में पहली बार जौं की फसल को भी नयूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा उन्होंने किसानों से आग्रह करते हए कहा कि सभी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं ताकि उनकी फसल का दाना दाना खरीदा जा सके उन्होंने कहा कि फसल भ्रगतान के लिए इस बार किसानों को आई फॉर्म कटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा

जिसमें सभी वर्गों को लाभ मिलेगा केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सोशल मीडिया ओवर द टॉप प्लैटफार्म और डिजीटल मीडिया के लिए नये दिशा निर्देशों से मीडिया के सभी क्षेत्रों में एक रूपता आयेगी सरकार द्वारा कल अध्रिसचित किये गये नये दिशा निर्देशो और डिजीटल मीडिया आचार संहिता बारे अपने सम्बोधन में श्री जावडेकर ने कहा कि इससे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वले सशक्त होंगे और उनके लिए पहली बार शिकायत निवारण तंत्र स्निश्चित किया जायेगा मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ये दिशा निर्देश जिम्मेदारी वाली स्वतंत्रता पर आधारित है डिजीटल समाचार पोर्टल को सम्पादक मालिक प्रकाशन का पता और शिकायत अधिकारी बारे विवरण देना होगा भिवानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी नेता रीतिक वधवा ने कहा कि वीर सावरकर के क्रांतिकारी विचारों से घबरा कर अंग्रेजों ने उन्हें न सिर्फ कालेपानी की सजा दी बल्कि दो आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई सावरकर ऐसी सजा पाने वाले एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे

पौधारोपण में माता त्रिप्रा श्री मंदिर की मिट्टी का प्रयोग किया गया और मंदिर से लाये हुए जल से ही पौधे को सींचा गया

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है